अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कल शाम कोरोना वायरस नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा बैठक की उन्होंने रेपिड रेसपोंस टीमे की सक्रियता बढ़ाई जाने के निर्देष दिये है बिना स्वीकृ ति के ड्यूटी हैडक्वार्टर छोड़ने वाले ड्यूटी ज्वाईन नहीं करने वाले चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देष दिये कल हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में रोहित कुमार सिंह ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिये राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है जिला कलेक्टर सीएमएचओ और पीएमओ से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों से भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं उधर दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद इस पर निगरानी रखे हुए है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निर्पटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है

प्रधानमंत्री क्छ चुने हुए जनऔषधि स्टोर के मालिकों और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे जनऔषधि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सात मार्च को देशभर में जनऔषधि दिवस मनाया जाता है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में कल रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में रोजाना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के करीब तीन लाख लोग जन औषधि भंडारों में किफायती दर पर दवाएं खरीदने आते हैं

उन्होंने सिलिकोसिस बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए निर्माण खनन और मूर्तिकला जैसे उद्योगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने इससे किसानों को हुए नुकसान का तुरन्त आकलन करके राहत देने का निर्णय लिया है श्री गहलोत ने प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नुकसान का जायजा लेने और किसानों से मुलाकात कर जल्द से जल्द आपदा राहत नियमों के तहत राहत प्रदान करने को कहा है

गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में चार पांच और छः मार्च को हुई ओलावृष्टि ॅसे किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है

पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने इसको लेकर कल नई दिल्ली में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक प्रजेन्टेशन दिया है